सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की नहीं होगी छंटनी

और आज हिन्दी दिवस है

राज्य मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मियों को सभी विभागों में एक समान सेवा शर्त पर नियुक्ति किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है प्रधान सचिव ने बताया कि सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की छंटनी नहीं होगी संबंधित विभाग में जरूरत न रहने पर संविदा कर्मियों को अब दूसरे विभाग में समायोजित किया जायेगा उन्होंने कहा कि अब संविदा कर्मियों को मातृत्व अवकाश के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि बीमा का लाभ भी मिलेगा विभागों में स्थायी नियुक्ति के समय समायोजन में संविदा कर्मियों को उम्र सीमा की छूट का भी लाभ मिलेगा उन्होंने बताया कि डॉक्टर और इंजीनियरों की बहाली प्रक्रिया में बदलाव किया गया है इनकी नियुक्ति अब एकेडमिक अंक के आधार पर की जायेगी कैबिनेट ने कॉलेज शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए दो सौ बीस करोड़ रूपये निर्गत करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है पटना स्थित सीबीआई कोर्ट ने सृजन घोटाले के आरोपी पूर्व एडीएम राजीव रंजन सिंह समेत सात आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआई ने इन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है उधर सीबीआई ने सृजन घोटाला मामले में ही बैंक आफ बड़ौदा के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की इनके खिलाफ गलत तरीके से राशि ट्रांसफर करने का आरोप है केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने कहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानएम्स के विस्तार योजना में सरकार संसाधनों में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देगी नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है श्री नड्डा ने आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेईस सितंबर को झारखंड से इसकी शुरुआत करेंगे इस योजना के तहत पचपन करोड़ लोगों को पांच लाख रुपए की चिकित्सा पेपर लेस और कैश लैस मुहैया कराई जायेगी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य के सभी आठ सौ चौरानवें थाने को ऑनलाईन नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है बक्सर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को पूरी करने में डेढ़ साल का समय लग सकता है श्री मोदी ने कहा कि थानों के ऑनलाईन होने के बाद लोग घर बैठे ही प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम चल रहा है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पशुपालन से किसानों की आय बढाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लिए पहली किश्त के रुप में चार सौ चालीस करोड़ रुपये जारी किये दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इस वर्ष मार्च तक उनतीस राज्यों के लिए एक हजार छह सौ करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गयी है और छह सौ छियासी करोड़ रुपये जारी किये गये हैं पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने मनेर में आयोजित बैठक में सात निश्चय योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और उसमें तेजी लाने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि बिहार में रामायण सर्किट के विकास के लिए एक सौ तीन करोड़ रूपये का डीपीआर तैयार जारी किया गया है इसे स्वीकृति के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को भेजा गया है उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी दरभंगा और बक्सर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही है

आज हिन्दी दिवस है इस अवसर पर राजधानी पटना समेत राज्य भर मे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है हिन्दी दिवस पर राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने संदेश में कहा है कि हिन्दी भाषा हमारे देश की एकता अखंडता राष्ट्रीयता और समरसता को अक्षुण्ण बनाये रखने में मददगार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि हमारे विशाल और बहुभाषी राष्ट्र के नागरिकों और राज्यवासियों को एक मंच पर लाने में हिन्दी का संपर्क भाषा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आईटीआई की परीक्षा सत्रह से पच्चीस सितम्बर के बीच अठारह परीक्षा केन्द्रों पर ली जायेगी उन्होंने अधिकारियों को कदाचारमुक्त और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया परीक्षा की विडियोग्राफी भी करायी जायेगी ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने कहा है कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लगी पांच केन्द्रीय एजेंसियों को अगले साल के मार्च तक अध्रे कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है इन एजेंसियों को चालीस परियोजनाओं के कार्य आवंटित किये गये हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों का निर्माण का कार्य धीमा है केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है गंगा और अन्य नदियों में उफान के कारण राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है गंगा और किऊल नदी में पानी बढ़ने के कारण लखीसराय जिले की कई पंचायतों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है मुंगेर जिले के छह प्रखंड भी बाढ़ की चपेट में हैं गंडक नदी के जलस्तर में लगातार व्रद्धि होने से गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के आठ गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को दिया है तैंतालीसवीं बिहार राज्य सीनियर पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप चौदह अक्टूबर से बक्सर में शुरू होगी बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय ने बताया कि इस चैंपियनशिप में राज्य संघ से मान्यता प्राप्त सभी जिला संघ की पुरुष टीमें हिस्सा लेंगी आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है दैनिक हिन्दुस्तान ने राज्य कैबिनेट के निर्णय को प्रमुख सुर्खी बनाते हुए लिखा है संविदा कर्मियों की सेवा शर्त एक इस खबर का दैनिक जागरण ने शीर्षक बनाया है संविदा पर कार्यरत साढ़े चार लाख कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति में मिलेगी उम्र में छूट इस खबर को अन्य अखबारों ने प्रमुखता से छापा है और इससे जुड़े अन्य तथ्यों को भी बॉक्स में प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने भगौड़ा कारोबारी विजय माल्या से जुड़ी खबर को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच हई बयानबाजी को सुर्खी बनाते हए लिखा है राहल ने मांगा जेटली का इस्तीफा भाजपा ने गांधी परिवार से जोड़ा रिश्ता दैनिक जागरण ने भी विजय माल्या प्रकरण को सुर्खी बनाया है दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है जस्टिस गोगोई सीजेआई नियुक्त पूर्वोत्तर से इस पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है ऑनलाईन सामान अक्टूबर से खरीदना दो फीसदी महंगा इसके अलावा अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में देश के पांच लोकसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्त्ताओं के साथ बातचीत को प्रमुखता दी है इस खबर को अखबारों ने रोचक शीर्षकों के साथ प्रकाशित किया है और अब अंत में मुख्य समाचार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की नहीं होगी छंटनी

और आज हिन्दी दिवस है